प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर अठासी प्रतिशत हुई

कोविड उन्नीस से बचाव के लिये किये गये व्यापक इंतजाम पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद आज नई दिल्ली स्थित सेना अस्पताल में निधन हो गया वे चौरासी वर्ष के थे प्रणब मुखर्जी वर्ष दो हजार बारह में देश के तेरहवें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे वे दो हजार सत्रह तक इस पद पर रहे राष्ट्र सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिये उन्हें पिछले वर्ष देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था उनका राजनीति सफर भी काफी लंबा रहा और उनकी गिनती सुलझे हुए राजनेताओं में होती है अपनी पार्टी के अलावा विरोधी दलों में भी वे काफी लोकप्रिय थे प्रणब मुखर्जी को उन्नीस सौ उनहत्तर में संसदीय राजनीति में पहला मुकाम मिला जब वे राज्यसभा के लिये निर्वाचित हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रयास से वे कांग्रेस के टिकट पर संसद के उपरी सदन के लिये चुने गये वे देश के वित्त मंत्री रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री सहित केन्द्र सरकार में कई मंत्रालयों के मंत्री रहे वे तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर भी रहे प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी में रहते हुए राज्यसभा के लिये पांच बार और लोकसभा के लिये दो बार निर्वाचित हुए थे प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गहरी संवेदना व्यक्त की है राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद् के सभापति अवधेश नारायण सिंह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह और हरखू झा ने भी पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर गहरा शोक जताया है प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण के एक हजार तीन सौ चौबीस नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख छत्तीस हजार से अधिक हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक एक सौ चौवन मामले पटना जिले में सामने आये हैं भागलपुर में एक सौ पच्चीस मुजफ्फरपुर में बहत्तर मधुबनी में अड़सठ पूर्णिया में पैंसठ गोपालगंज में अंठावन गया और पूर्वी चंपारण में बावन बावन भोजपुर में तैंतालीस मधेपुरा में बयालीस और समस्तीपुर में चालीस नये मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी संक्रमण के नये मामले सामने आये हैं इस महामारी से राज्य में अब तक छह सौ चौरानवे लोगों की मृत्यु हुई है वहीं महामारी से स्वस्थ होने वाले की दर अठासी प्रतिशत हो गयी है प्रदेश में अब तक एक लाख उन्नीस हजार से अधिक लोग कोविड उन्नीस से ठीक हो चुके हैं केन्द्र सरकार ने आज कहा कि कोविड उन्नीस महामारी के रोगियों के स्वस्थ होने की दर में सुधार जारी है और अब यह छिहत्तर दशमलव छह एक प्रतिशत हो गयी है देश में अब ठीक हुए लोगों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में साढ़े तीन गुना हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले आठ दिनों में पांच लाख लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान देश भर में संक्रमण के अठहत्तर हजार पांच सौ बारह नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर छत्तीस लाख इक्कीस हजार दो सौ पैंतालीस हो गयी है महामारी से अब तक देश में चौंसठ हजार चार सौ उनहत्तर लोगों की मृत्यू हुई है केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्वस्थ होने के बाद एम्स नई दिल्ली से छुट्टी दे दी गयी है श्री शाह को कोविड उन्नीस से ठीक होने के बाद पिछले दिनों जांच के लिये एम्स में भर्ती कराया गया था देश भर में अनलॉक का चौथा चरण कल से लागू होगा यह तीस सितम्बर तक प्रभावी रहेगा केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक चार में पहले की तुलना में अधिक छूट दी हैं इस दौरान इक्कीस सितम्बर से धार्मिक राजनीतिक सांस्कृतिक और वैवाहिक कार्यक्रमों के दौरान शर्त के साथ लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गयी है हालांकि अधिकतम सौ लोगों के ही एक स्थान पर एकत्र होने की छूट होगी इस चरण में स्कूल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है वहीं राज्यों को अपने स्तर पर लॉकडाउन लगाने की छूट भी नहीं होगी इधर बिहार के शहरी इलाकों में राज्य सरकार द्वारा घोषित छह सितम्बर तक लॉकडाउन के प्रावधान लागू रहेंगे वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए स्वच्छता के महत्व को बताया है साउंड बाईट जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मैजर्स हैं वो फॉलो करने हैं जहां जरूरत न हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर न निकलें कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप दो लोग खड़े हैं करीब दो मीटर दूर खड़े रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें वहीं दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गूप्ता ने कहा कि कोविड उन्नीस से संक्रमित अधिकतर लोग घर में ही क्वारंटीन होते हैं बहत कम लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है साउंड बाईट अस्सी प्रतिशत में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं

आयूष्मान भारत योजना के अंतर्गत अन्रबंधित अस्पतालों की रैकिंग अब उनकी स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर की जायेगी देशभर में तेईस हजार से अधिक अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पैनल में शामिल किया गया है आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जे एल मीणा ने बताया कि पैनल में शामिल अस्पतालों को स्वास्थ्य देशभाल की गुणवत्ता के छह मानदंडों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने का प्रस्ताव है

आयूष्मान भारत योजना स्वास्थ्य देखभाल का दूनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसमें कमजोर वर्ग के लोगों का हर वर्ष पांच लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा कराया जाता है केन्द्रीय संचार तथा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश का डाक विभाग आत्मनिर्भर हो रहा है तथा डाक सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार वृद्धि हो रही है श्री प्रसाद दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भागलपूर में क्षेत्रीय कार्यालय भवन तथा बेगूसराय में राज्य के दूसरे सबसे बड़े डाक भवन का उद्घाटन कर रहे थे डाक भवन में डिविजनल कार्यालय प्रधान डाकघर पासपोर्ट कार्यालय तथा केन्द्र और राज्य सरकार की एक सौ सत्तर से अधिक सेवाओं सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी वर्च्रअल समारोह में केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी जुड़े रहे उच्चतम न्यायालय ने कोर्ट की अवमानना के एक मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर एक रूपये का जुर्माना लगाया है न्यायालय ने उन्हें न्यायपालिका के खिलाफ दो ट्वीट के लिए अवमानना का दोषी पाया था प्रशांत भूषण को पंद्रह सितंबर तक यह जुर्माना न देने पर तीन महीने के कारावास की सजा और वकालत पर तीन वर्ष का प्रतिबंध झेलना होगा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जहां एक ओर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम नहीं किया जा सकता वहीं दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान किया जाना चाहिए आईआईटी और अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिये जेईई की मुख्य परीक्षा कल से छह सितम्बर तक आयोजित की जायेगी परीक्षा के लिये नेशनल टेस्टिग एजेंसी एनटीए ने राज्य में तैंतालीस सेंटर बनाये हैं परीक्षाओं का संचालन कुल बारह पालियों में किया जायेगा इकसठ हजार से अधिक परीक्षार्थी इस बार राज्य में इन केन्द्रों पर परीक्षा देंगे एनटीए ने कहा है कि कोविड उन्नीस संक्रमण के मद्देनजर अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिये पुख्ता व्यवस्था की गयी है राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचारकों नेताओं और उम्मीदवारों के हवाई खर्चे पर नजर रखने के लिये निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को विमानन कंपनियों से रेट लिस्ट लेने को कहा गया है उसी आधार पर उड़ानों पर खर्च होने वाली राशि का चुनाव खर्च के लिये हिसाब किताब होगा राज्य पुलिस मुख्यालय ने विधानसभा चूनाव को लेकर सुरक्षा संबंधित तैयारियों का आकलन शुरू कर दिया है मुख्यालय के चुनाव प्रशाखा के एसपी आदित्य कुमार ने सभी पुलिस अधीक्षक रेल एसपी सीआईडी एसपी को पत्र लिखकर पांच सितम्बर तक सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के कर्मियों की सूची मांगी है शेखपुरा जिला प्रशासन ने आगामी चुनाव को लेकर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता की जानकारी दी गयी प्रदेश में अधिकांश प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट से बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर पटना मुंगेर और भागलपुर में स्थिर बना हुआ है हालांकि पटना के दीघा घाट और गांघी घाट में नदी का जलस्तर लाल निशान को पार कर गया है गंडक नदी का जलस्तर अधिकांश स्थानों पर रिथर है वहीं बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में कमी देखी जा रही है बागमती अधवारा समूह और कमला बलान नदी के जलस्तर में भी कमी आयी है घाघरा नदी का जलस्तर सीवान जिले के दरौली और सारण जिले के छपरा में बढ़ रहा है महानंदा नदी के जलस्तर में भी किशनगंज पूर्णिया और कटिहार में वृद्धि हुई है जबकि कोसी नदी का जलस्तर तेजी से कम हुआ है प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता कम हो गयी है राज्य के पूर्वी हिस्से में कुछ स्थानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान अररिया और किशनगंज जिले के कुछ हिस्सों में हल्की ब्रूंदाबांदी दर्ज की गयी है पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा है कि प्रदेश में विभिन्न सड़कों और पुल पुलियों के निर्माण को लेकर सरकार संकल्पित है श्री यादव पटना में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बांका जिले में चांदन नदी पर बनने वाले आरसीसी प्रल का शिलान्यास करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे इस पुल के बन जाने से भागलपुर हंसडीहा और भागलपुर बांका के बीच सड़क संपर्क स्थापित हो जायेगा साथ ही झारखंड के दुमका के साथ भी इन क्षेत्रों का सीधा संपर्क हो जायेगा श्री यादव ने कहा कि बांका कटोरिया और पंजबारा में शीघ्र ही बाईपास रोड का भी निर्माण किया जायेगा शिक्षा विभाग के अवकाश प्राप्त अपर मुख्य सचिव आरके महाजन को बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है वे आज ही शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं गौरतलब है कि शिशिर सिन्हा के कार्यकाल की समाप्ति के बाद यह पद रिक्त था रोहतास जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर कोरोना से बचाव के लिये अड़तीस हजार से अधिक मास्क और दस्ताने की व्यवस्था की जायेगी चूनाव में लगभग साढ़े छह हजार थर्मल स्क्रैनर और इतने ही सेनेटाइजर का उपयोग होगा उप निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रिय कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप कोविड उन्नीस से बचाव के लिये पूरी व्यवस्था रहेगी इधर दरभंगा जिले में मतदाता जागरूकता के लिये उपभोक्ताओं के उपयोग में आने वाली चीजों पर भी प्रचार प्रसार करने के लिये संदेश दिये जायेंगे जिले के उप विकास आयुक्त कारी प्रसाद महतो ने बताया कि दूध के पैकेट रसोई गैस सिलेंडर बैंक जमा निकासी पर्ची पर भी मतदाता जागरूकता के संदेश रहेंगे सीवान से हरियाणा के अंबाला जा रही एक जीप उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आज सुबह भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गयी इस घटना में पांच मजदूरों की मौत हो गई और दस से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए

प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर अठासी प्रतिशत हुई

कोविड उन्नीस से बचाव के लिये किये गये व्यापक इंतजाम